राज्यपाल भाजपा नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है अधिसुचना के अनुसार प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है

श्रीकांत बाल्दी इसके अलावा आवासीय व पर्यटन नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे कार्मिक विभाग द्वारा कल देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि केन्द्र से प्रदेश को आर्थिक मदद दिलाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी ऊना जिले के बंगाणा में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजनाएं बनाकर भेजें और केन्द्र उसके लिए भरपूर सहायता देगा अनुराग ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार व्यापारियों और अपना काम करने वालों की हर प्रकार से मदद कर रही है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस दौरान मौजूद रहे इससे पहले हमीरपुर के मैहरे में अनुराग ठाकुर ने जन समस्याएं सुनीं और पौधरोपण भी किया उन्होंने सभी से भी पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की

लोगों का कहना है कि सुरंग बनने से पांगी की जनता को वर्षभर मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी

बिक्रम सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जनजातीय छात्रों का प्रांत सम्मेलन आज सोलन में आयोजित किया गया इसमें उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे सम्मेलन में छात्रों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई उद्योग मंत्री ने उम्मीद जताई कि जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं की समस्याओं उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों के लिए ये सम्मेलन सहायक सिद्व होगा

आज से शुरू हुए पोषण माह का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार

अभियान इधर कुल्लू में पोषण माह के शुभारम्भ पर उपायुक्त ऋचा वर्मा ने महिलाओं का मार्गदर्शन किया उन्होंने कहा कि बच्चों के सही पोषण और अच्छी परवरिश के लिए संतुलित व पौष्टिक आहार सबसे महत्वपूर्ण है चम्बा में उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि पोषण माह के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन शुरू किया गया है सोलन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विवेक चंदेल ने सभी को पोषण की शपथ दिलाई किशन कपूर सनातन धर्म सभा ने सांसद किशन कपूर के सम्मान में आज धर्मशाला में अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया किशन कपूर ने कहा कि सनातन धर्म का सम्मान करना हमारी पुरानी परम्परा है इस दौरान उन्होंने सभा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए रीडिंग रूम का भी शुभारम्भ किया

सराहां में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं आरम्भ कर आम लोगों के जीवन में बदलाव लाया है जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्शल नेतृत्व में भारत विश्वशक्ति के रूप में उभरा है

मुख्यमंत्री ने सराहां में लोक निर्माण विभाग का मण्डल और नारग में सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग का उपमण्डल खोलने की घोषणा की विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद सुरेश कश्यप और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे

इस अवसर पर निगम की विभिन्न इकाईयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला स्थित होटल पीटर हॉफ के प्रबंधक डीडी शर्मा ने बताया कि इस दौरान होटल परिसर में पौधरोपण करने सहित स्वच्छता अभियान चलाया गया

शिमला में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने मतदाताओं के अधिकारों और दावों को दर्शाने वाला पोस्टर जारी कर इस अभियान का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों की विसंगतियां दूर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है देवेश कुमार ने बताया कि जल्द ही बूथ स्तर की मोबाइल ऐप शुरू की जाएगी जिसके माध्यम से बूथ स्तर के अधिकारी नाम पता और फोटो जैसी जानकारियां दर्ज कर सकेंगे इससे मतदाता सूचियों को पूरी तरह शुद्ध करने में सहायता मिलेगी प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में भी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरूआत की है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए सरकार से इनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में इन कर्मियों का प्रशासन को काफी सहयोग मिल रहा है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर ज़िले के अणु में आज नॉर्थ ज़ोन सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया उन्होंने खिलाड़ियों से खेल गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि ऐसे आयोजन खेल प्रतिभाओं को उभारने में सहायक सिद्द होते हैं धूमल ने इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी दीं मणिमहेश खराब मौसम को देखते हुए चम्बा ज़िले के भरमौर प्रशासन ने मणिमहेश यात्रियों से भरमौर की ओर रूख न करने की अपील की है भरमौर के अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी पीपी सिंह ने बताया कि डल झील और गौरी कुण्ड में तैनात सैक्टर अधिकारियों से वायरलैस सेट से मिली जानकारी के अनुसार हिमपात की संभावना को देखते हुए क्षेत्र में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं